आज नई दिल्ली में विश्व मोबिलिटी सम्मेलन को सम्बोधित करते हए श्री प्रधान ने कहा कि विश्व मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है ऐसे में मोबिलिटी के स्वच्छ और किफायती समाधानों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत में यातायात का प्रमुख साधन सार्वजनिक परिवहन होगा श्री प्रधान ने कहा कि दिल्ली मेट्रोइस बात का अनुपम उदाहरण है कि शहर सार्वजनिक परिवहन को अपना रहा है सम्मेलन को सम्बोधित करते हथे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली समय की जरूरत है भारत में तेजी से शहरों का विस्तार हो रहा है और इसके लिए बेहतर परिवहन सुविधाओं का होना जरूरी है श्री पुरी ने कहा कि केन्द्र सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है बहुचर्चित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा गड़बड़ियों की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है समिति से सात दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अनियमितताओं के लिए प्रथम द्र

ी पाई गई सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है एक सरकारी प्रवक्ता ने आज लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परि ाद तथा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद के रिक्त पदों पर अविलम्ब अधिकारियों की तैनाती किये जाने का भी निर्देश दिया है उच्चस्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी नियुक्त किये गये हैं जबकि सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक वेदपति मिश्र और बेसिक शिक्षा के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह जांच समिति के सदस्य नामित किये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहार वाजपेई की जन्मस्थली आगरा जिले के बटेश्वर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि खिलाड़ियों का करियर छोटा होता है इसलिए उनकी आर्थिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे जाने की जरूरत है श्री राठौड़ ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि युवा खिलाड़ियों को असाधारण प्रदर्शन के लिए अपने जीवन का बेशकीमती समय देना होता है इसलिए उनकी उचित क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्व है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एथलीटों के प्रशिक्षण यात्रा कोच और वैज्ञानिक सहायता पर खास जोर दे रही है प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक टास्क फोर्स बैठाई उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो एक्सपर्टस हो इस इंड़स्ट्री के वो एक्सपर्टस चयन करें खिलाड़ियों का और फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो कोचिंग है जो देश विदेश में आप कराते हैं इनके हवाई ट्रेवल लोकल ट्रेवल सब आप कवर करते हैं लेकिन इनका जो जेब खर्च होता है इसको भी कवर करिए

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गई हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा और घोघरा नदी से लगे जिले बाढ़ की चपेट में हैं

बांध से लगभग दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तमाम शहरी इलाकों में पानी भरा हुआ है आज ही झांसी जिले में माता टीला बांध से दो दशमलव छह लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कई इलाके पानी में डूब गए हैं ब्रंदेलखंड क्षेत्र में पिछले दस दिनों से जारी बारिश में व्यापक नुकसान हुआ है इस बीच राज्य के मध्य क्षेत्र में गंगा नदी उफान पर है और फरूर्खाबाद बिजनौर मेरठ कन्नौज कानपुर और उन्नाव में कई गांव बाढ से प्रभावित है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फर्रूखाबाद कन्नौज कानपुर तथा उन्नाव जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया उन्होंने उन्नाव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के अनेक हिस्सो में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार अट्ठारह के लिए नाम आमंत्रित किये हैं सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि ये प्रस्कार बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों उनके कल्याण विकास और संरक्षण की दिशा में प्रयास करने के लिए एक मंच है नामांकन इस महीने की तीस तारीख तक दाखिल किये जा सकते हैं